इनमें मैट्रिक पूर्व व मैट्रिक बाद और योग्यता व आमदनी आधारित छात्रवृत्तियां शामिल हैं केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि पढ़ो पढ़ाओ जागरुकता अभियान देशभर में शुरू किया जाएगा राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की और उन्हें दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी इस दौरान राज्यपाल ने प्रधानमंत्री से प्रदेश से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की

राज्यपाल ने प्रधानमंत्री से प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए उदार वितीय सहायता देने का आग्रह भी किया

इस वर्ष का विषय है बच्चे खेतों में काम करने की बजाय अपने सपनों को साकार करने के लिए काम करें इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे

बिलासपुर के उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने बताया कि प्रदेश भर में पात्र परिवार नजदीक के लोकमित्र केन्द्र या कॉमन सर्विस सेंटर में अपना पंजीकरण करवा सकते हैं

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने हिमाचल में दस फीसदी आरक्षण लागू होने से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

पंजाब केसरी का शीर्षक है हिमाचल में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णो को दस फीसदी आरक्षण लागू दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द है कैबिनेट के फैसले के बाद सरकार ने जारी की अधिसूचना जबकि अजीत समाचार का कहना है चार लाख तक आमदन वालों को मिलेगा लाभ दैनिक भास्कर की एक खबर है चंबा में सेंपल फेल रामपुर किन्नौर में बिना रिपोर्ट के बांट दी स्मार्ट यूनिफॉर्म एचआरटीसी कंडक्टर भर्ती मामले पर दिव्य हिमाचल की सुर्खी है तत्कालीन एमडी सहित चार डीएम जांच के घेरे में आपका फैसला प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल के हवाले से लिखता है हिमाचल कांग्रेस में होंगे कई बड़े बदलाव दैनिक जागरण के शब्द हैं हिमाचल से पार्टी में मेजर सर्जरी शुरू करेगी कांग्रेस प्रदेश में शिक्षकों के खाली पद भरने संबंधी मामले पर पंजाब केसरी ने सुर्खी दी है हाईकोर्ट ने शपथ पत्र दायर करने के लिए सरकार को अतिरिक्त समय दिया वहीं दैनिक जागरण का कहना है हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग से पूछा छह माह में शिक्षकों के कितने पद खाली होंगे कांगड़ा एयरपोर्ट पर अब एयरबस उतारने की तैयारी दिव्य हिमाचल की एक खबर है इसी पत्र के अनुसार अब डॉक्टरों के फर्जी तबादले बंद एमसीआई के निर्देश फोटो के साथ होगी डिजिटल रजिस्ट्रेशन

एआईबीपी के तहत हिमाचल को एक भी परियोजना नहीं शीर्षक से पंजाब केसरी लिखता है महेंद्र ठाकुर ने हिमाचल के हितों की अनदेखी का मामला उठाया कहा पहाड़ी प्रदेश को मिले मापदंडों में छूट दैनिक सवेरा टाइम्स के मुताबिक राष्ट्रीय जलापूर्ति व सिंचाई प्राधिकरण गठित करे केन्द्र मौसम पर हिमाचल दस्तक की सुर्खी है पहाड़ों पर बारिश से राहत मैदानों में तपिश से आफत अमर उजाला के शब्द हैं रिकॉर्ड गर्मी के बीच राहत की फुहार बारिश ओलावृष्टि